विधानसभा का विशेष सत्र आगामी ग्यारह और बारह सितंबर को होगा इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू होगा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह डोंगरगढ़ से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

मंत्रिमंडल निर्णय प्रदेश के किसानों को इस बार धान के समर्थन मूल्य के साथ ही तीन सौ रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि दी जाएगी आज रायपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि किसानों को धान पर लगभग चौबीस सौ करोड़ रूपये का बोनस मिलेगा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ए ग्रेड धान का सत्रह सौ सत्तर और सामान्य धान का सत्रह सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है राज्य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल तीन सौ रूपये बोनस दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को दिए जाने वाले समर्थन मूल्य और बोनस की राशि ऑनलाइन सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र आगामी ग्यारह और बारह सितंबर को बुलाने का निर्णय भी लिया गया है इस विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय बलरामजी दास टंडन को श्रद्वांजलि दी जाएगी दूसरे दिन दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा मंत्रिपरिषद ने इकतीस दिसंबर दो हजार सोलह तक भारतीय वन अधिनियम के तहत दर्ज करीब बीस हजार प्रकरणों को समाप्त करने का निर्णय लिया है ये ऐसे प्रकरण हैं जिनमें बीस हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है राज्य सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के करीब बारह हजार लोगों को लाभ मिलने की संभावना है अटल विकास यात्रा प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा का दूसरा चरण कल पांच सितम्बर से शुरू हो रहा है जो पांच अक्टूबर तक चलेगा इस दौरान मुख्यमंत्री करीब छह हजार किलोमीटर की यात्रा कर बासठ से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे यात्रा को हरी इंडी दिखाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह साढ़े ग्यारह बजे रायपुर विमानतल पहंचेंगे और यही से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे राजनांदगांव से सडक मार्ग द्वारा भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ पहुंचेंगे जहां मां बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना के पश्चात भाजपा अध्यक्ष अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री राजनांदगांव से तखतपुर जाएंगे जहां वे आमसभा को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के आरम्भ से ही समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को भी बैंक सहित वित्तीय गतिविधियों से जोडने पर जोर दिया है श्री मोदी ने हाल ही में शुरू किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर अपने ट्विटर संदेश में कहा कि डाकघरों में बैंक खुलने से ग्रामीण आबादी को भी वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों और विशेष रूप से सुद्रवर्ती इलाकों में लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में शामिल करने के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि चाहे बैंक खाते खोलने हों कर्ज का लेन देन हो या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हों गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों के लिए इन सुविधाओं का फायदा उठाना आसान हो गया है उन्होंने कहा कि देश के दूरदराज इलाकों में रहने वालों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से बड़ा फायदा होगा मुख्यमंत्री बैंक शाखा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज माओवाद प्रभावित तीन जिलों में चार बैंक शाखाओं का शुभारंभ किया अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के गंजेनार और कोरर बीजापुर के फरसेगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले के कोडेनार गांव में एक निजी बैंक की शाखाओं का शुभारंभ किया बैंक की ये सभी शाखाएं इन गांवों में स्थित ग्राम पंचायत भवन में शुरू की गई हैं उड़ान एक्सप्रेस मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रोजगारमूलक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान एक्सप्रेस वाहन को आज रायपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस एक्सप्रेस के जरिये प्रदेश के नौ जिलों में उर्द तालीम आध्निक शिक्षा और रोजगार से जुड़े शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे इसके अलावा लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार दो पुरस्कार राज्य स्तर के एक पुरस्कार जिला स्तर का और तीन पुरस्कार डाक विभाग के कर्मियों को दिया जाएगा गौरतलब है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हर वर्ष मनरेगा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों जिलों ग्राम पंचायतों और डाक विभाग के कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है इस साल ये पुरस्कार आगामी ग्यारह सितंबर को प्रदान किए जाएंगे विस चुनाव तैयारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य सचिव अजय सिंह और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विधानसभा निर्वाचन की प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने सभी जिला कलेक्टरों और अन्य विभागीय जिला अधिकारियों को जिला निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के अनुसार चुनावी तैयारियां करने के निर्देश दिए इसके अलावा पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय ने भी सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा श्री उपाध्याय ने राज्य में सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए

जारी आदेश के अनुसार ईमिल लकड़ा को स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है कार्तिकेय गोयल को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी के साथ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है जितेन्द्र शुक्ला को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संचालक के साथ ही उप सचिव भी बनाया गया है वहीं वाणिज्य कर विभाग के उप सचिव तारण प्रकाश सिन्हा को संस्कृति और पुरातत्व विभाग के संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है कृषक कल्याण परिषद बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान संगवारियों और कृषि विभाग के मैदानी अमले को प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया है मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कृषक कल्याण परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि खेती किसानी के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण जरूरी है जिसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के करीब बीस हजार गांवों में दस हजार किसान संगवारी बनाए गए हैं ये किसान संगवारी कृषि क्षेत्र से जुड़ी शासकीय योजनाओं का गांव गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं शिक्षक दिवस मुख्यमंत्री संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों पर पीढ़ियों के निर्माण की जिम्मेदारी भी होती है

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं राजनीतिक हलचल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में आज कोर ग्रप की बैठक हई बैठक में अटल विकास यात्रा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा की गई बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार की कथित गड़बड़ियों को जनता के बीच ले जाने के लिए आरोप पत्र समिति का गठन किया है इस समिति में डॉक्टर चरणदास महंत धनेन्द्र साह रविन्द्र चौबे सत्यनारायण शर्मा मोहम्मद अकबर और अमितेश शुक्ला को शामिल किया गया है वहीं आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने छह और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है इसे मिलाकर आप पार्टी की ओर से अंब तक चौहत्तर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा चुकी है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री के रायपुर निवास पर प्रत्येक गुरूवार को होने वाला कार्यक्रम जनदर्शन परसों छह सितंबर को स्थगित रहेगा